सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश में सभायें कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज होशंगाबाद संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी होशंगाबाद के पिपरिया में आयोजित चुनावी रैलियों में शामिल होंगे

आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी चुनाव प्रचार करेंगे वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल राजगढ़ के ब्यावरा में चुनावी सभा करेंगे

उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल टीकमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन जिले के जतारा में जनसभा करेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ कल बुंदेलखंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे नामांकन लोकसभा निर्वाचन के तहत देश के सातवें चरण और प्रदेश के चौथे चरण के लिए कल नाम वापसी की आखिरी तारिख है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि खंडवा बुरहानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाली जयश्री ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी अरूण यादव का समर्थन करने की घोषण की है गौरतलब है कि श्रीमती ठाकुर बुरहानुपर से निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह की पत्नी हैं श्री सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद नामांकन वापस लेने की बात कही निष्पक्ष चुनाव मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों और प्रथम चरण में शामिल लोकसभा क्षत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों को पत्र लिखकर चुनाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से लिखे इस पत्र में श्री नाथ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव विभिन्न चरणों में हो रहे हैं प्रथम चरण में कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने लगन और समर्पण से निष्ठापूर्वक कार्य किया है चुनाव आयोग के यह निर्देश हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों उन्होंने ऐसे सभी कर्मचारियों के नाम विभाग और पद की जानकारी प्रमाण समेत मांगी है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर निष्पक्षता नहीं रखी भाजपा प्रवक्ता लोकेन्द्र पारासर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी एक सिस्टम के तहत कार्य करते हैं ऐसे में प्रदेश के मुखिया का उनके काम पर भरोसा न करना दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा द्वारा इस मामले की निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी श्रम दिवस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडु ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर कामगारों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि श्रमिकों के उद्यम और त्याग ने बेहतर और समृद्व भारत की आधारशिला रखी है उप राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता को नमन किया उन्होंने कहा कि हमें श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए इस अवसर पर आज प्रदेश में भी मजदूरों के अधिकारों से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं